माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी की बची हुई परीक्षाएं आज से

ये घोषणा मुख्यमंत्री षिवराजसिंह चौहान ने कल इंदौर में पथ विक्रेता निधि जीवन शक्ति योजना और प्रवासी मजद्र रोजगार समीक्षा योजना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही

इस योजना को सफल बनाने के लिए बैंकों से अनुबंध किया गया है मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सेतु योजना का भी शुभारंभ किया इस योजना के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उनके कौषल के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे

रतलाम में बाल चिकित्सालय में पदस्थ एक चिकित्सक के कोरोना संकमित होने के बाद अस्पताल की स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट का फयूमीगेशन किया गया उधर सतना सांसद गणेश सिंह ने जिला कोरोना शून्य होने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही सभी को बधाई दी है उन्होंने उम्मीद् जाहिर की कि आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे पन्ना में भी कल एक कोरोना संक्रमित का पता चला

खंडवा में जिला न्यायालय के एक न्यायाधीश के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद न्यायालय को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है अन्य जजों को भी घरों पर क्वारेंटीन किया गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब जिले के मामलों की सुनवाई बुरहानपुर में होगी राजगढ़ जिले के ब्यावरा में कोरोना संकमण का एक और मामला सामने आया है

केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने लोगों से कहा है कि संकट अभी टला नहीं है

क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है

बोर्ड ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे परीक्षार्थी जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं अथवा जिनकी उपचार के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उनकी क्वारंटीन अवधि पूरी नहीं हुई है वे परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे ऐसे विद्यार्थियों के लिये विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी

जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र मकवानी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रतिबंधित क्षेत्रों से परीक्षार्थियों को लाने के लिए उनके निवास स्थान के पुलिस थाना से वाहन की व्यवस्था की गई है परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य है साथ ही वे स्वयं की पानी की बोतल और सेनिटाइजर अपने साथ ला सकेंगे उधर मंडला जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में जिले में की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी आगरमालवा जिले में भी आज से शुरू होने वाली परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई है

शिवपुरी में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मॉस्क पहनकर छात्र में परीक्षा में शामिल होंगे कटनी जिले में सभी परीक्षा केन्द्रों को सेनेटाइज किया गया है

मुरैना नरसिंहपुर जबलपुर सीधी छिन्दवाड़ा रतलाम उज्जैनगुना मंदसौर सहित सभी जिलों में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी की बची हुई परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है खेल गतिविधि राजधानी भोपाल में आज से बैडमिंटन टेनिस ट्रायथलॉन और हॉकी खेलों की शुरुआत की जा रही है

टीटी नगर स्टेडियम में टेनिस बैडमिंटन और ट्रायथलॉन खेलों में खिलाड़ी अभ्यास करेंगे जबकि हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पर हॉकी खेल का अभ्यास करेंगे

इस दौरान उन्होंने कोरोना संकमण को नियंत्रित रखने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया